उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री और अमरीकी राष्ट्रपति के साथ त्रिपक्षीय वार्ता भी की प्रधानमंत्री ने जय यानी जापान अमेरिका और भारत समूह के तहत जापान के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ त्रिपक्षीय बैठक की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत इस समूह को कितना अधिक महत्व देता है अमरीकी राष्ट्रपति ने आम चुनाव में जीत पर मोदी को बधाई दी और कहा कि दोनों देशों को सैन्य सहयोग सहित विभिन्न क्षेत्रों में मिलकर काम करना चाहिए इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जापान पहुंचने पर वहां के प्रधानमत्री शिंजो आबे ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया विदेश सचिव विजय गोखले ने त्रिपक्षीय बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि इस दौरान मुख्य रूप से भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थिरता ढांचागत विकास और नई पहल पर चर्चा हुई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ब्रिक्स यानी ब्राजील रूस भारत चीन और दक्षिण अफ्रीका की अनौपचारिक बैठक में हिस्सा लिया

इस अवसर पर जल राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा कि गंगा यमुना काली भागीरथी के अलावा अलकनंदा और कोसी नदियों को क्लीनथॉन परियोजना के तहत लाया जाएगा

श्री चौहान ने कहा कि यह अभियान उन राज्यों में विशेष रूप से चलाया जाएगा जहां भाजपा सत्ता में नहीं है वे कल मुम्बई में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को मार्च में पार्टी की सदस्यता अभियान का प्रमुख नियुक्त किया गया था उन्होंने कहा कि इस अभियान को संगठन पर्व नाम दिया गया है

किसान सोयाबीन की अपेक्षा मक्का की बोवनी ज्यादा कर रहे हैं

स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी रायसेन में आयोजित केरियर काउंसलिंग एवं मोटीवेशनल कार्यक्रम मे कहा कि बच्चों के सर्वागीण विकास में शिक्षा के साथ ही व्यक्तित्व विकास भी जरूरी है चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है अभिभावक बच्चों की शैक्षणिक स्थिति से अवगत हो सके इसके लिए प्रदेश के सभी स्कूलों में पेरेंट टीचर मीटिंग करवाने का निर्णय लेकर इसे लागू किया है उन्होंने बताया कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कक्षा पांचवी और आठवीं कक्षा को पुनः बोर्ड परीक्षा का निर्णय लिया गया हैं

लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में इसकी जिम्मेदारी पर असमंजस की रिथिति के बीच मध्यप्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पी सी शर्मा ने आज भोपाल में कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य में पार्टी की हार की नैतिक जिम्मेदारी पहले ही ले चुकें हैं श्री शर्मा ने संवाददाताओं से चर्चा के दौरान कहा कि इस मामले में कांग्रेस के नेताओं की सामूहिक जिम्मेदारी है

पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि आकाश को घेरने के लिए कांग्रेस के इशारे पर काम हो रहा है गौरतलब है कि विधायक श्री विजयवर्गीय को दो दिन पहले इंदौर की महात्मा गांधी रोड थाना पुलिस ने निगमकर्मियों के साथ मारपीट कर शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार किया था

लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तगर में प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि किसानों द्वारा पराली जलाना वायू प्रद्षण का एक प्रमुख कारण है और वे इस मुद्दे पर पांच राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे

आज राजधानी भोपाल में शाम से आसमान पर बादल छाये रहे और बाद में तेज बौछारें पड़ी जिससे लोगो को गर्मी और उमस से राहत मिली राज्य के अन्य हिस्सों में भी बारिश होने से गर्मी का असर कम हुआ है मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बन रहा है मौसम विभाग ने इन्दौर में बारिश का सिलसिला बने रहने का अनुमान जताया है वहीं आज प्रदेश के उज्जैन नीमच रतलाम शाजापुर देवास मंदसौर आगर धार खंडवा खरगौन अलीराजपुर झाबुआ बडवानी बुरहानपुर समेत कई जिलों में अनेक स्थानों पर बारिश का अनुमान जताया है

इस मैच की हार जीत श्रीलंका के लिये सेमी फायनल में पहुंचने के लिये महत्वपूर्ण है